केन्द्रीय मंत्रियों से उन्होंने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की जयराम ठाकुर ने नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश में ग्रामीण विकास का राज्य संस्थान खोलने और थुनाग में पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान के आध्रनिकीकरण के लिए धनराशि प्रदान करने की मांग की केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को विभिन्न परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया विक्रम सिंह उद्योग विभाग की भूगर्भीय शाखा में सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की है जो खनन सम्बंधी सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी

विक्रम ठाक्र ने कहा कि लोगों को स्वच्छ पारदर्शी शासन व सेवाएं देने के लिए विभाग अनेक प्रयास कर रहा है

अभिलेखाकार के सहायक निदेशक प्रेम कुमार पंडित ने प्रदर्शनी की शुभारंभ अवसर पर कहा किया कि इस प्रदर्शनी से लोगों को चम्बा शहर के अतीत ओर देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले महान योद्वा के बारे में जानकारी मिलेगी विभिन्न स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया

अमर उजाल लिखता है सुजानपुर होली मेला शुरू सीएम ने डली नाटी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं गोल्ड रिफाइनरी छूट में गड़बड़ देख रही सरकार आपका फैसला के मुताबिक संघ मार्गदर्शक भाजपा चला रही सरकार हिमाचल दस्तक ने खेल मंत्री गोबिन्द ठाकुर के बयान को शीर्षक दिया है बजट सत्र में वापिस होगा स्पोर्ट्स बिल राजभवन से वापिस मांगा है विधेयक

इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है सरकार ने दो आईएफएस दस एचएफएस का तबादला किया दिव्य हिमाचल लिखता है एनएच पर फिर ख्लेंगे ठेके हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड की तर्ज पर मांगी राहत इसी अखबार की एक अन्य खबर है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आज पहाड़ के विकास का जायजा लेंगे मोदी इंटरनेट से मिला आइडिया और घर में छापने लगा नोट दैनिक जागरण की एक खबर है इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है हिमाचल में खपा दिये लाखों के नकली नोट बैंकों को अलर्ट जारी

जातिगत भेदभाव मामले पर अमर उजाला का शीर्षक है स्कूली बच्चों से जातीय भेदभाव में मुख्य अध्यापक समेत तीन गिरफ्तार इसी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है प्रछताछ जारी जल्द होंगी गिरफ्तारियां ई गवर्नेंस में हिमाचल को मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में जगह लिये हुए है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय हिमाचल में शिक्षा में लिखा है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नतीजे न केवल आंख खोलने वाले हैं बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है वहीं दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि अध्ययन और अध्यापन की परिपाटी में शिक्षक वर्ग का परीक्षण व प्रशिक्षण जरूरी है अन्यथा वर्तमान शिक्षा का भविष्य भंवर में फंस कर रह जाएगा शीर्षक है साक्षरता का रुतबा ज्ञान नहीं